प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा बिजली विहीन सभी गरीब परिवारों के घरों में बिजली कनेक्शन किये जा रहे हैं तीन जिले सीहोर शाजापुर और भोपाल भी शीघ ही सौ फीसदी विद्युतीकरण की सूची में शामिल हो जायेंगे मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रि परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये

संविदा नियुक्ति के मामलों में छानबीन समिति का भी प्रावधान किया गया है धरना भोपाल के कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीसी शर्मा आज भोपाल में एक दिवसीय धरने पर बैठे सुबह धरने पर बैठने के बाद शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश में महिलाएं किसान और व्यापारी सभी वर्ग परेशान हैं उन्होंने जबलपुर जिले में पिछले दिनों सामने आए एक महिला डॉक्टर के मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में महिलाएं बेहद परेशान हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही उन्होंने रायसेन जिले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह की बहू प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या मामले का भी जिक्र किया जबलपुर निवासी महिला डॉक्टर रचना शुक्ला ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए आरोप लगाया था कि असामाजिक तत्व उन्हें परेशान कर रहे हैं और पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही

आज इटारसी के आदिवासी बाहुल्य केसला गांव में खण्ड स्तरीय स्व रोजगार मेले का आयोजन किया गया है सम्मेलन में विभिन्न विभागों द्वारा स्व रोजगार योजनाओं में आवेदन करने की प्रकिया से अवगत कराकर आवेदन तैयार किये जा रहे हैं साथ ही उद्यम स्थापना की संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं

मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्से खासतौर पर खंडवा और खरगोन में आज लू चलने की संभावना जताई है श्योपुरकला मुरैना भिंड ग्वालियर दतिया और शिवपुरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ सकती है इसके अलावा गुना अशोकनगर टीकमगढ़ छतरपुर रतलाम नीमच मंदसौर उज्जैन शाजापुर राजगढ़ शिवपूरी और दतिया जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ धूलभरी आंधी भी चल सकती है

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था बनाये रखें

रेलवे ने इस हादसे की जांच के लिये एक टीम गठित की है

केन्द्रों पर बारदाने की कमी और अधिक तौल की शिकायतें आ रही हैं